प्रधानमंत्री ओसाका में चौदहवें जी टवन्टी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचें जापान सम्मेलन का विषय है मानव केन्द्रित भविष्य का समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेष सरकार गंगा की निर्मलता और अविरलता के प्रति है कटिबद्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाषवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए संसद के सभी सदस्यों से मिलकर काम करने को कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हए उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकसभा की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चलने देने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने ऊपरी सदन में विपक्ष के नकारात्मक रवैये को देखते हुए सरकार को भारी बहुमत के साथ लौटाया है

देश की जनता लड़ रही थी देश की जनता ने इस प्ररे चुनाव को अपने सिर पर उठा लिया था और जनता खुद सरकार के कामों की बात लोगों तक पहुंचाती थी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पचास खरब की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है और उन्होंने देश के आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए सभी राज्यों से अपील की विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें प्रौद्योगिकी डिजिटल लेनदेन आधार और जीएसटी से समस्या है प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया होनी चाहिए उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता परिपक्व हैं और उसकी बुद्विमता को कम करके नहीं आंक सकते उन्होंने सभी दलों से एक देश एक चुनाव पर चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने झारखंड में क्छ लोगों द्वारा एक युवक की हत्या को दुखद बताते हुए कहा कि दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं के प्रति एक तरह का मानदंड होना चाहिए चाहे वे झारखंड पश्चिम बंगाल या केरल में हुई हो उन्होंने बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की मृत्य को द्भाग्यपूर्ण बताया महात्मा गांधी की एक सौं पचासवीं जन्म शताब्दी तथा स्वाधीनता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ से प्रेरणा लेते हुए नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जीवन मे मामूली बदलाव करने और बड़ी क्रांति के लिए काम करने की अपील की उन्होंने कहा कि इससे प्रेरणा लेते हुए विकास के लिए एक सौ बारह अत्यंत पिछड़े जिलों की पहचान की गयी है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने लोगों विशेषकर युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार और सभ्य समाज दोनों की ही यह जिम्मेदारी है कि वे इन पदार्थों के इस्तेमाल के द्ष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओसाका में चौदहवें जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंच गए हैं शुक्रवार और शनिवार को होने वाले सम्मेलन का विषय है मानव केन्द्रित भविष्य का समाज

सौभाग्यकर के साथ संजीव शर्मा आकाशवाणी समाचार ओसाका जापान सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ औपचारिक बैठक और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी भारत पहली बार दो हजार बाईस में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा सरकार ने देश की सभी पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड केनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सवा लाख से ज्यादा पंचायतों को आप्टीकल फाइबर से जोड़ दिया गया है इस परियोजना के तहत देश के सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जाएगा उन्होंने बताया कि अब तक करीब चौवालिस हजार पंचायतों में वाई फाई स्पाट स्थापित कर दिए गए हैं जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने देश में सूखे और बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र प्रयास की जरूरत पर जोर दिया कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन और मानसून है जिसके बारे में असमंजस की स्थिति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेष सरकार गंगा की निर्मलता और अविरलता के प्रति कटिबद्व है और गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पहुंचनी चाहिए श्री योगी गंगा नदी पर प्रस्तावित अंतर्राश्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के संबंध में लखनऊ के लोकभवन में आयोजित स्टेट मिषन फॉर क्लीन गंगा पर प्रस्तुतिकरण देखने के बाद बोल रहे थे उन्होंने निर्देष दिया कि गंगा में गंदे नाले से पहुंचने वाले जल और अन्य अपषिश्ट पदार्थो को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाते हुए नई तकनीकी का प्रयोग किया जाये श्री योगी ने कहा कि विभिन्न त्यौहारों और पर्वो पर नदियों को स्वच्छ बनाये रखने के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की आवष्यकता है उन्होंने कहा कि मूर्तियों के विसर्जन से नदियों में ठहर रहे प्रद्शण के बारे में लोगों को बताया जाये उन्होंने कहा कि लोगों को नदियों में षवों को प्रवाहित नहीं करने के बारे में जागरूक किया जाये उन्होंने इन कार्यो में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने गोमती नदी की सफाई के लिए नगर विकास और सिंचाई विभाग को सम्मिलित रूप से ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे समय बद्धता के साथ लागू करने के निर्देष दिये उन्होंने कहा कि कानपुर के टेनरी मालिक गंगा की निर्मलता और स्वच्छता तथा पर्यावरण प्रद्शण पर नियंत्रण के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जल निगम की परियोजनाओं को आगामी तीस जून तक पूरा करने के निर्देष देते हुए कहा कि अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी प्रधानमंत्री रविवार दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के जरिये विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं फरवरी दो हजार सत्रह को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेन देन के बारे में अपने विचार साझा किए थे जिसकी भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका है भारत में भी डिजिटल ट्रांजक्शन बहत तेजी से बढ़ रहा है खासकरके युवा पीढ़ी अपने मोबाइल से ही डिजिटल पेमेंट की आदि बनती जा रही है ये शुभ संकेत मानता हूं मैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें मन की बात दनिया का एक अनोखा कार्यक्रम है क्योंकि शायद ही कोई प्रधानमंत्री हर महीने हर परिवार के एक दोस्त और हितेषी के नाते सभी लोगों से संवाद करते हैं

प्रदेष के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत षर्मा ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात कर उन्हें प्रदेष में विद्युतीकरण के विस्तार और सुद्रढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा श्री षर्मा ने प्रदेष में नये इच्छुक परिवारों को सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनैक्षन उपलब्ध कराने के लिये इस योजना की अवधि आगामी दिसम्बर तक बढ़ाने की मांग की इसके अलावा उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय के साथ किये गये एम ओ यू की अवधि एक वर्श के लिए बढ़ाये जाने की आवष्यकता बतायी उन्होंने बताया कि कृशि कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति पोशकों के पुथकीकरण से काफी लाभ मिल रहा है इसलिए षेश फीडरों के पुथकीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी जाये राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गये सभी दस षहरों धार्मिक और पर्यटन दृश्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या मथ्रा वृन्दावन वाराणसी और प्रयागराज में अंडर ग्राउंड केबलिंग के लिए अनुरोध किया इसके अलावा लाइन लॉस को कम करने के लिए षहरों में ज्यादा बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था को स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का सर्वसम्मति से समर्थन किया है यह सदस्यता दो हजार इक्कीस और दो हजार बाईस के लिए होगी